भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आज तड़के सुरक्षा बलों के घेराबंदी और तलाश अभियान के दौरान मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए हालांकि इस दौरान सेना के एक मेजर सहित चार जवानों के शहीद होने की खबर है एजेंसी के अनुसार खुफिया सूचना के आधार पर राष्ट्रीय रायफल्स जम्मू कश्मीर के विशेष अभियान समूह और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने पुलवामा के पिंगलन गांव में संयुक्त अभियान शुरू किया सुरक्षा बलों के जवान जब गांव के बाहर निकलने के रास्ते बंद कर रहे थे तभी वहां छुपे आतंकवादियों ने उन पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी इसमें एक मेजर और तीन जवान घायल हो गए जिनकी अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई इसके बाद सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को भी मार गिराया गौरतलब है कि आतंकवादियों के गांव से बाहर निकलने के सभी रास्ते बंद कर दिये हैं अतिरिक्त सुरक्षा बलों को मौके पर भेजा गया है केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के काफिले के आवागमन को और स्रक्षित बनाने के लिए नए सुरक्षा उपाय किए जाएंगे बल के महानिदेशक आर आर भटनागर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि काफिलों के गुजरने के दौरान यातायात नियंत्रण के साथ ही उनके समय में भी बदलाव किया जाएगा उनके रूकने के स्थान और मूवमेंट को लेकर अन्य सुरक्षा बलों जैसे सेना और पुलिस के साथ समन्वय बनाया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य में बलों के परिवहन के दौरान नागरिक वाहनों का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है उधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में विभिन्न कारणों से सड़क मार्ग से अर्धसैनिक बलों के काफिले का आवागमन जारी रहेगा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि सुरक्षा बलों का यात्रा समय कम करने के लिये सभी क्षेत्रों में विमान सेवाओं में वृद्धि की गयी है मंत्रालय का स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें कहा गया था कि केंद्र सरकार ने अर्धसैनिक बलों के जवानों को विमान के जरिये जम्मू से श्रीनगर भेजने का प्रस्ताव नामंजूर कर दिया था पुलवामा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को प्रदेशभर में विभिन्न संगठनों की ओर भी श्रद्वांजलि दी जा रही है आज सवाईमाधोपुर में जुलूस निकालकर शहीद जवानों को श्रद्वांजलि दी गई इस दौरान लोगों ने आतंकवाद और पाकिस्तान का पुतला जलाकर हमले के दोषी आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा ड्रंगरपुर जिले के कई गांवों में कल कैंडल मार्च निकालकर शहीदों को श्रद्वांजलि दी गई जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर और पाकिस्तान के कब्जे वाले पीओके के बीच चलने वाली साप्ताहिक कारवां ए अमन बस सेवा आज रद्द कर दी गई इसके साथ ही जम्मू के पूंछ और पीओके रावला कोट के बीच सीमा पार बस सेवा भी आज रदद कर दी गई है गौरतलब है कि पुलवामा हमले के बाद ये निर्णय लिया गया है वित्त मंत्री के रूप में दोबारा पद भार ग्रहण करने के बाद अरूण जेटली आज भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक को संबोधित करेंगे इस बैठक में आरबीआई की ओर से केन्द्र सरकार को मिलने वाले अंतरिम लाभांश के मुददे पर चर्चा होने की संभावना है पिछले वर्ष में आरबीआई ने दस हजार करोड रूपए का अंतरिम लाभांश दिया था

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज जयपुर के एक दिवसीय दौरे पर हैं भाजपा प्रदेश महामंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि श्री शाह आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान में पार्टी कार्यालय भूमि की शिला पट्टिटकाओं का लोकार्पण करेंगे उन्होंने बताया कि श्री शाह भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक को भी संबोधित करेंगे

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन महासचिव महेश शर्मा ने बताया कि श्रीगंगानगर चूरू झंझनूं सीकर जयप्र अलवर भरतपुर जोधपुर और अजमेर सहित कई जिलों में ये शिविर आयोजित किए गए उन्होंने बताया कि इन शिविरों में कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रशिक्षित किया गया उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण शिविरों में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई जैसलमेर में चल रहे मरू महोत्सव के दौरान आज देश विदेशी पर्यटकों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है

इस योजना में किसानों को सालाना छह हजार रूपए की नकद सहायता राशि दी जाएगी फरवरी में इसकी पहली किश्त दो हजार रूपए जारी होगी राज्य सरकार ने कल इसके लिए चौमुं में प्रायोगिक रूप से लघ सीमांत कृषक सेवा पोर्टल लांच किया

पोर्टल पर दो हेक्टेयर तक की भुमि वाले सीमांत और लघु किसान ई मित्र केन्द्र पर आधार नंबर से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे बाड़मेर जिले की जालिपा ग्राम सेवा सहकारी समिति में राजस्थान कृषक ऋण माफी योजना के तहत शिविर लगाकर किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र बांटे गए कार्यकम की शुरूआत में पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई जयपुर के हरमाडा इलाके में पुलिस ने कल चलन से बाहर हो चुके एक हजार रूपए के पुराने नोटों सहित पांच लोगों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने बताया कि इन लोगों से करीब दस लाख रूपए की प्रतिबंधित राशि बरामद की गई इधर प्रतापगढ़ जिले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से दो पिस्टल एक देशी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद किए भरतपुर में भी पुलिस ने मोबाइल लूटने वाले गिरोह के चार लोगों को गिरफ्तार कर एक बाल अपचारी को निरूद्व किया है